श्री गहलोत ने कहा कि इस मामले में केन्द्र को राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए इस बीच मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में अरण्य भवन में वन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में दूर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित किया जाए श्री गहलोत ने कहा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्रों से पुनर्वास के काम को गति दी जाए उन्होंने गोडावण पक्षी और खरमोर चिड़िया की दुर्लभ प्रजाति को संरक्षित करने के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की

नाम कल तक वापस लिये जा सकेंगे

गौरतलब है कि इन निकायों में वार्ड पार्षदों के परिणाम सामने आने के बाद बोर्ड गठित करने के लिये सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ भाजपा भी अपने पार्षदों की बाड़ेबदी में लगी हुयी है केन्द्र सरकार ने अगले साल मार्च तक दो लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

झुंझनू के चिड़ावा कस्बे में एक सडक हादसे में चार युवकों की मौत हो गई घटना उस वक्त हुई जब एक जानवर को बचाने के लिए गाड़ी अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई बूंदी के नैनवा में सडक पर खडे टैम्पों को ट्रेक्टर ने टक्कर मार दी हादसे में दो लोगों की मौत हो गई राजसमंद में सेवाली के पास एक ट्रेक्टर और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये वहीं जैसलमेर के दवाडा गांव में खेत में काम करते समय तीन लोगों की करंट लगने से मौत हो गई

वहीं सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे एक व्यक्ति को भी पकड़ा है गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बिहार के पटना जिले के बबलू यादव के रूप में हुई है उससे पूछताछ की जा रही है

यह डोडा पोस्त अवैध रूप तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था